चुनाव ऑयुक्त ने कहा है कि प्रचार के दौरान किसी भी हाल में कोविड के दिशा निर्देशों की उपेक्षा ना हो देश ने दस करोड़ कोविड जांच का आंकड़ा पार कर लिया है

जिले के झालरा पाटन में लगने वाले राज्य स्तरीय चन्द्रभागा पशु मेले का आयोजन भी प्रशासन ने स्थगित कर दिया है

सीकर जिले में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत नीमकाथाना नगर पालिका ने कोरोना संक्रमण के द्वष्प्रभाव की जानकारी और उसके बचाव के लिए रामायण के पात्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया यह कार्य आदर्श रामलीला मण्डल छावनी के सहयोग से किया गया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि एक अक्टूबर से वंदे भारत मिशन का सातवां चरण जारी है

अलवर में मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित तीन दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का समापन हुआ

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है